युवा दिवस प्रदेश भर में आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया जायेगा मुख्यमंत्री कमल नाथ ने इस अवसर पर विद्यार्थियों और नागरिकों को बधाई और श्भकामनाएं दी हैं उन्होंने युवा दिवस पर आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार की ग्यारहवीं श्रृंखला में शामिल हो रहे युवाओं नागरिकों और जन प्रतिनिधियों को भी बधाई दी है मुख्यमंत्री ने युवाओं को दिये संदेश में कहा कि सूर्य नमस्कार के फायदों को देखते हुए इसे अपने जीवन की दिनचर्यो से जोड़ें उन्होंने कहा कि तन और मन से स्वस्थ युवा ही देश और प्रदेश का भविष्य बना सकते हैं उन्होंने स्वामी विवेकानन्द के सन्देश का उल्लेख करते हुए कहा कि हर नागरिक स्वस्थ रहें स्वस्थ मानसिकता रखें और स्वस्थ भारत का निर्माण करें

भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में होने वाले सूर्य नमस्कार कार्यकम में जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा शामिल होंगे वहीं प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों और कॉलेजों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हरवर्ष की तरह इस बार भी स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जायेगा इस अवसर पर जिले की शैक्षणिक संस्थाओं पंचायतों और आश्रम शालाओं में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन होगा वहीं गुना में जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया है उधर शिवपुरी में भी सूर्य नमस्कार कार्यकम में स्कूली छात्र छात्राओं के अलावा अधिकारी कर्मचारी भी भाग लेंगे रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला मुख्यालय पर खेल स्टेडियम में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया है शाजापुर में भी युवा दिवस के अवसर पर स्थानीय उत्कृष्ट मैदान में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम होगा हमारे अशोकनगर संवाददाता ने बताया है कि जिले में होने वाले सूर्य नमस्कार में छात्र छात्राओं के साथ ही स्वयंसेवी संगठन और आमजन भी भाग लेंगे

झाबुआ में भी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जायेगा राजगढ़ में कलेक्टर ने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में लोगों से बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है सामूहिक सूर्य नमस्कार सभी शिक्षण संस्थाओं में एक साथ एक संकेत पर किया जायेगा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो के सभी प्राइमरी चैनल और विविध भारती से होगा वहीं मुरैना भिंड विदिशा टीकमगढ सिवनी सहित सभी जिलों से सूर्य नमस्कार कार्यक्रम की तैयारियों के समाचार मिले हैं

वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह भोपाल और दतिया बाला बच्चन को इन्दौर जिले का जिम्मा सौंपा गया है वहीं ग्वालियर का प्रभार उमंग सिंगार और जबलपुर व कटनी का जिम्मा प्रियव्रत सिंह को सौंपा गया है जवर्धन सिंह को राजगढ़ जिले का प्रभारी बनाया गया है इसके अलावा उन्हें आगरमालवा जिले की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है वित्तमंत्री तरूण भानोट और खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल का कट बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें तीन तीन जिले का प्रभार दिया है डॉ विजयलक्ष्मी साधौ को धार बड़वानी हुकुमसिंह कराड़ा मंदसौर नीमच आरिफ अकील को सीहोर और भिंड की जिम्मेदारी सौंपी गयी है बुजेन्द्र सिंह राठौर सागर और छतरपुर के प्रभारी होंगे वहीं लखन सिंह यादव को श्योपुर मुरैना तुलसी सिलावट को खंडवाबुरहानपुर गोविंद सिंह राजपूत को टीकमगढ़ निवाड़ी और इमरती देवी को गुना का प्रभारी बनाया गया है डॉ प्रभुराम चौधरी दमोह पन्ना सुखदेव पांसे छिन्दवाड़ा सिवनी हर्ष यादव रायसेन विदिशा और जीतू पटवारी को शाजापुर देवास की कमान सौंपी गयी है वहीं पीसी शर्मा होशंगाबाद और हरदा के प्रभारी बनाये गये हैं अमित शाह नई दिल्ली में चल रहे भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन का आज अंतिम दिन है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज समापन सत्र को संबोधित करेंगे इससे पहले कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया श्री शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सरकार के विकास कार्यक्रमों को मतदाताओं के पास लेकर जाएं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से देश भर में पार्टी की उपस्थिति का विस्तार करने को भी कहा श्री शाह ने विपक्षी दलों के प्रस्तावित महागठबंधन को मृगमरिचिका करार दिया और कहा कि केन्द्र में भाजपा के वापस आने में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पार्टी सांसद और वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी संपत उपाध्याय को भोपाल दक्षिण का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है वहीं सूरज कुमार वर्मा को इन्दौर पश्चिम का एसपी बनाया गया है इसी तरह भोपाल में आशुतोष बागरी को एएसपी और अमित कुमार सीएसपी बनाया गया है मंदसौर गोलीकांड के समय पदस्थ रहे ओपी त्रिपाठी को पीएचक्यू से एसएएफ इन्दौर की बटालियन में पदस्थ किया गया है वहीं मोनिका शुक्ला को रायसेन का एसपी बनाया गया है

शुरूआती दौर में भोपाल नगर में आवारा तरीके से घूमते निराश्रित गाय बैल को पकड़कर गौ शाला में रखा जायेगा

भोपाल नगर में पाँच हजार से अधिक निराश्रित गाय बैल को गौ शाला में विस्थापित किया जायेगा यह निर्णय पश्पालन मछ्आ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री लाखन सिंह यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई अन्तर्विभागीय बैठक में लिया गया बैठक में अपर मुख्य सचिव पशुपालन मनोज श्रीवास्तव संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत कलेक्टर डॉ सुदाम खांडे मौजूद थे मंत्री श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में निराश्रित गौ वंश का यूआईडी टैग र्स पंजीयन किया जा रहा है सबसे पहले हाई वे के आसपास के क्षेत्र के ग्रामों में गौ शाला खोलेंगे शुरूआत पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर भोपाल से की जा रही है उन्होंने संभागायुक्त कलेक्टर और आयुक्त नगर निगम से कहा कि अभियान को युद्ध स्तर पर शुरू करें

उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान अगर निराश्रित गाय बैल मिलते हैं तो क्षेत्र के संबंधित जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी

भारत भवन में होने वाले इस तीन दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल का उदघाटन मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे वहीं केन्द्रीय पर्यटन मंत्री केजे अलफोन्स भी उदघाटन सत्र में शामिल होंगे इस लिटरेचर फेस्टिवल में देश विदेश के जाने माने लेखक चिंतक और अलग अलग विधाओं के कलाकार भाग लेंगे कमलनाथ लोकार्पण मुख्यमंत्री कमल नाथ आज नई दिल्ली में चाणक्यपुरी क्षेत्र में करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपये लागत से बनने वाले नए मध्यप्रदेश भवन का भूमि पूजन करेंगे

इस मौके पर देश भर से आए कृषि विज्ञानकों और शिक्षाविदो ने खेती में नवाचार पर मंथन किया